ईटानगर में इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स कोलकाता की ओर से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना पर आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री तेली ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश सहित सभी पूर्वोत्तर राज्यों में एक एक मेगा फूड पार्क स्थापित किए जाने की योजना है उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के राज्यों में कई बार भूमि की उपलब्धता न होने पर मिनी फूड पार्क भी स्थापित किया जा सकता है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का जिक्र करते हुए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री ने कहा कि यह एक ऐसी परियोजना है जिसके अंदर सात योजनाएं शामिल है और इन योजनाओं का लक्ष्य दो हजार बाईस तक किसानों की आय को दोगुना करना है केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार से जमीन के साथ साथ आधारभूत बुनियादी सुविधाएं समय से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पेमाखांडू ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र द्वारा क्रियान्वित की जा रही सभी योजनाओं के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा कि राज्य में बहुत से संसाधन उपलब्ध है लेकिन कई नियमों और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं के कारण यहा के किसानों और उद्यमियों को उसका लाभ नहीं मिल पाता कार्यशाला में बोलते हुए इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्वोत्तर परिषद के चेयरमैन प्रभात बेजबरुवा कहा कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बहुत अधिक संभावनाएं है क्योंकि इस क्षेत्र में दस प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने आज राजभवन ईटानगर में राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उद्योग मंत्री तूमके बागरा के साथ एक बैठक की राज्यपाल ने केंद्रीय मंत्री से अरुणाचल प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित किए जाने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि अरुणाचल ऑर्गेनिक उत्पादों के मामले में देश का एक प्रमुख राज्य है उन्होंने केंद्रीय मंत्री से कहा कि द्रर्गम पहाड़ी इलाकों और कृषि और बागवानी उत्पादों के परिवहन से जुड़ी समस्याओं को देखते हुए यह बेहतर होगा कि राज्य में छोटे या मझौले स्तर के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए जाए उन्होंने स्थनीय युवाओं और किसानों को इस क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए कार्यक्रम चलाए जाने का भी अनुरोध किया

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बताया कि यह प्रक्रिया आज सवेरे आठ बजकर पचास मिनट पर पूरी हुई इस प्रक्रिया में केवल चार सेकेण्ड लगे इस के तहत विक्रम की चंद्रमा की सतह से निकटतम दूरी एक सौ चार और अधिकतम एक सौ अट्ठाईस किलोमीटर रही विक्रम को चंद्रमा की सतह के और निकट लाने के लिए कल शाम ऐसी ही एक अंतिम प्रक्रिया होगी जिसके तहत इसकी चंद्रमा की सतह से निकटतम दूरी छत्तीस और अधिकतम एक सौ दस किलोमीटर रह जायेगी इस मिशन से सात सितंबर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास विक्रम की सहज लैंडिंग हो सकेगी

असम में कल से दो सौ नए विदेशी ट्रिब्यूनल ने काम करना शुरु कर दिया है ये पहले से ही काम कर रहे एक सौ ट्रिब्यूनलों के अलावा हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने विभिन्न ट्वीट संदेशों में बताया है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी में जो लोग बाहर किए गए हैं वे अपनी नागरिकता साबित करने के लिए पिछले महीने की इकत्तीस तारीख से एक सौ बीस दिनों के अंदर विदेशी ट्रिब्यूनलों में अपील कर सकते हैं प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि ऐसे लोगों को किसी भी हालत में तब तक हिरासत में नहीं लिया जाएगा जब तक कानून के तहत उपलब्ध अपील की सारी गुंजाइशें पूरी नहीं हो जाती इन लोगों को रोजगार शिक्षा और संपत्ति के वे सभी अधिकार मिलते रहेंगे जो अन्य किसी नागरिक को मिलते हैं राज्य सरकार ने जरुरतमंद लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रबंध किए है असम के पुलिस महानिदेशक कुलधर सैकिया ने बताया कि एन आर सी की अंतिम सूची जारी होने के बाद भी राज्य में पूरी तरह से स्थिति शांतिपूर्ण है ईस्ट जिला उपायुक्त आवास के पास कल रात आग द्र्घटना में घर जलकर नष्ट हो गए हालांकि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है आग दुर्घटना पर काबू पाने के लिए अग्निशमन दल को कड़ी मसक्कत करनी पड़ी पीड़ित परि आरों ने सरकार से पुनर्वास के लिए तत्काल सहायता की अपील की है राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत राज्यभर में महिला और बाल विकास द्वारा लोगों में पोषण के महत्व पर जनजागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है आज नाहरलगुन में राष्ट्रीय पोषण माह का उद्घाटन करते हुए सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉ उषा देवी ने आंगनवाड़ी कर्मियों से महिलाओं को बच्चों के खानपान और स्वास्थ्य की देखभाल के बारे में जागरुक करने को कहा इस अवसर पर महिला और बाल विकास विभाग के कई अधिकारी उपस्थित थे